प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए कहा है कि यह दिवस हमे सैनिकों के साहस शौर्य और समर्पण को याद दिलाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्व स्मारक पर जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से करगिल के शहीदों को श्रद्वांजलि दी प्रदेश में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित की जा रही है बाडमेर में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किये गये

वहीं सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा इस दिवस के उपलक्ष्य में बाईक राइडिंग कर लौटी टीम का आज सम्मान किया जायेगा भरतपुर में भी शहीद स्मारक पर श्रद्वाजंलि कार्यक्रम आयोजित किया गया

विजय दिवस का नाम सफल विजय अभियान पर रखा गया है

करगिल युद्ध भारत के मजबूत राजनीतिक सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों की गाथा है

इस जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया

कार्यक्रम के उनतालीसवें संस्करण में श्री मोदी ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारत को स्वच्छ बनाने के प्रति योगदान करना चाहिए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जानकारी देते हए बताया कि इस सख्त कानून से ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य गंभीर अपराधों के विरूद्व प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी मुख्यमंत्री कल मादक पदाधों की तस्करी संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के विरूद्व संयुक्त रणनीति के लिए चंडीगढ़ में आयोजित दूसरी उत्तर क्षेत्रीय अन्तरराज्यीय मुख्यमंत्री समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन और इससे जुड़े अपराध देश के सभी राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं ये युवा पीढ़ी को गुमराह करने के साथ साथ समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं ऐसे में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना तथा इनसे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती है इसमें पड़ौसी राज्यों का सहयोग आवश्यक है संयुक्त प्रयासों से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकृश लगाया जा सकता है बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों ने उत्तर भारत को नशा मुक्त क्षेत्र बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की और एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया

इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार के साथ यूनिसेफ की टीम भी लगी हुई है

कार्यशाला में विभिन्न रेडियों संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया

परसो से शुरू हुआ बारिश का दौर रूक रूक कर जारी है कभी तेज तो कभी धीमी बरसात से जहां तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिली है वहीं कई जगह सडकों पर भरा पानी लोगों के लिये परेशानी का कारण बन गया है जयपुर में कई स्थानों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था पर असर पडा है

इधर सवाईमाधोपुर जिले में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गये है